हरियाणा सरकार ने इस वर्ष की खरीद प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार ने किसानों के खाते में सीधे शत प्रतिशत ऑन लाइन भुगतान करने का निर्णय लिया है

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने आज पलवल में परिवाद समिति की बैठक मे लिपिक राजेश कुमार सहायक लाल सिंह और ग्राम सचिव चरण सिंह को निलंवित कराने और ग्राम सचिव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिये हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में जिन खेल संगठनों या किसी अन्य खेल संस्था द्वारा उचित प्रबंध किए बगैर खेलों का आयोजन करवाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है टीकाकरण के लिए आगे आएं अफवाहों पर विश्वास न करे यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए इस समय दो बच्चों की नीति लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है लोकसभा में एक लिखित जवाब में केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने यह जानकारी दी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष की खरीद प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार ने किसानों के खाते में सीधे शत प्रतिशत ऑन लाइन भुगतान करने का निर्णय लिया है

उन्होंने बैठक के दौरान सम्बधित अधिकारियों को आढ़तियों से बातचीत करने के निर्देश भी दिये स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अम्बाला से वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से बैठक में शामिल हए मुख्यमंत्री ने सम्बधित अधिकारियों को खरीद केन्दों में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मंडियों में व्यस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ मजदरों की उपलब्धता धर्म कांटा बारदाना और सिलाई मशीन आदि की व्यवस्था और मंडियों से फसलों का समय पर उठान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये

इस अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की परेड कमांडर के रूप में अर्धसैनिक बलों की टुकडियों ने उनहें सलामी भी दी मंत्री ने देश के लिए बलिदान देने वाले सीआरपीएफ के जवानों को नमन करते हये उनके परिजनों को सांत्वना व वीरता पुरस्कार से नवाज़ा इस मौके पर गृह राज्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सीआरपीएफ को जब भी आधुनिक हथियारों या अन्य सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी तो सरकार उसे अवश्य पूरा करेगी हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने आज पलवल में लोक सम्पर्क एंव परिवाद समिति की बैठक मे लिपिक राजेश क्मार सहायक लाल सिंह और ग्राम सचिव चरण सिंह को निलंवित कराने और ग्राम सचिव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिये है हमारे संवाददाता ने बताया है कि मासिक बैठक के दौरान शिकायत मिली कि लिपिक राजेश कुमार व सहायक लाल सिंह द्वारा यूज़र नेम व पास वर्ड का इस्तेमाल कर अलग अलग तिथियों व समय पर अनधिकृत राशि खंड हसनपुर में डाली गई है मंत्री ने अनियमितता पाये जाने पर इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिये वहीं ग्राम सचिव चरण सिह को इसलिए निलंवित किया गया है कि हथीन गांव के मंगोरका मे चूनी गई जिस सरपंच लता मंगेश को उसका शिक्षा प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर च्नाव निरस्त कर दिया गया था उसने ग्राम सचिव के साथ मिलीभगत के चलते निरस्त होने के बावजूद ग्राम पंचायतों के पैसों का लेन देन किया सहकारिता मंत्री ने ग्राम सचिव के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ एक समिति गठित कर ग्राम पंचायत में किये गये विकास कार्यो का विवरण तैयार करने के निर्देश दिये है इसके अलावा आज की बैठक में पलवल व होडल से चावल मिल मालिक के शपथ पत्र पर जिला विपणन अधिकारी रमेश गोयल के खिलाफ दी गई शिकायत के आधार पर उसे तुरंत प्रभाव से रिलीव कर दिया जिला विपणन अधिकारी पर फसल खरीद के दौरान लाखों रूपये ऐंठने की शिकायत थी मंत्री ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश भी दिये है

हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में जिन खेल संगठनों या किसी अन्य खेल संस्था द्वारा उचित प्रबंध किए बगैर खेलों का आयोजन करवाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी खिलाडिय़ों के लिए समुचित स्विधाओं का ख्याल किए बिना अगर ऐसी संस्थाएं या आयोजक चेतावनी के बावजूद खेलों का आयोजन करवाने से बाज नहीं आई तो भविष्य में उनके ऊपर प्रतिबंद लगाकर पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है खेल मंत्री ने हाल ही में जींद में आयोजित की जा रही हॉकी प्रतियोगिता के दौरान खिलाडियों के ठहरने व खाने पीने से संबंधित मीडिया में आई खबरों पर कड़ा संज्ञान लेते हए कहा है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी

उत्तर रेलवे ने होली पर विशेष रेलगाडियां चलाने का निर्णय लिया है